उन्होंने कल भूमि पूजन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि समूचे देश के लिए यह एक भावनात्मक क्षण हैं और राम मंदिर के निर्माण से अयोध्या के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा इससे विभिन्न क्षेत्रों में अनेक अवसर खुलेंगे तथा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा श्रीराम का मंदिर हमारी संस्कृति का आष्ट्रनिक प्रतीक बनेगा और मैं जानबूझ करके आष्ट्रनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं हमारी शास्वत आस्था का प्रतीक बनेगा हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा और यह मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा यह मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राम मंदिर बनने से समी क्षेत्र के लोगों का विकास होगा विभिन्न भाषाओं में लिखी गई अनेक रामायणों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीराम देश की अनेकता में एकता के साझा सूत्र हैं उन्होंने कहा कि भगवान राम सभी धर्मा के लिए शक्ति और एकता के प्रतीक हैं प्रधानमंत्री ने अयोध्या में कल भूमि पूजन किया और भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी इस समारोह के साथ ही अयोव्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है इस अवसर पर अनेक संत आध्यात्मिक नेता और राम मन्दिर आन्दोलन से जुडे अन्य नेता उपस्थित थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम जन्ममूमि और हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन के खिलाफ लड़ाई को और तीव्र करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को चुनौती मानते हुए इससे निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों में और तेजी लायी जाए उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिक सक्रिय होकर कार्य करना आवश्यक है मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय वैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने जनपद कानपुर नगर वाराणसी गोरखपुर झांसी तथा प्रयागराज में कोविड नाइन्टीन के उपचार व संक्रमण नियंत्रण की व्यवस्था को और बेहतर करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि जनपद कानपुर नगर में एसजीपीजीआई अथवा केजीएमयू के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम भेजी जाए जो वहां चिकित्सा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करे देश में अब तक तेरह लाख से ज्यादा कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान करीब छियालिस हजार रोगी इस संक्रमण से ठीक हुए हैं स्वस्थ होने की दर सड़सठ प्रतिशत से अधिक हो गई है मृत्यु दर भी कम होकर दो दशमलव शून्य सात प्रतिशत रह गई है देश में अब तक करीब उन्नीस लाख चौसठ हजार लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं लगभग छह लाख लोगों का देश भर में उपचार चल रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है श्री गिरीश चन्द्र मुर्म ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से कल त्यागपत्र दे दिया था जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने श्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किये जाने पर उन्हे बधाई दी है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाए जाने पर बधाई दी है गरीब कल्याण रोजगार अभियान में छह राज्यों में मूल निवास स्थानों पर पहुंचे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम मिशन मोड में सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड मध्य प्रदेश ओडिशा और राजस्थान अभियान के छठे सप्ताह में ही लगभग सत्रह करोड़ श्रम दिवस रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं और अब तक तेरह हजार दो सौ चालीस करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं अभियान के अंतर्गत बड़ी संख्या में कई निर्माण कार्य किये गये हैं इनमें बासठ हजार पांच सौ बत्तीस जल संरक्षण स्थल एक लाख चौहत्तर हजार ग्रामीण आवास चौदह हजार आठ सौ बहत्तर पशुशाला शामिल हैं

राप्ती नदी गोरखपुर में सरयू नदी अयोध्या बलिया और बाराबंकी में तथा शारदा नदी लखीमपुर खीरी के पलियाकला में लाल निशान के ऊपर वह रही है प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने आज लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि राज्य के दो और जिले बलिया और महराजगंज भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं जिसके बाद बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर सत्रह हो गयी है उन्होंने कहा कि गोरखपुर में रापी नदी में बाएं तटबंध में कुछ रिसाव हुआ है जिसे नियंत्रित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि तटबंधों की लगातार निगरानी की जाए और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं महराजगंज जिले में मछली पकड़ने ताल में गए तीन लोगों की डूबने से मृत्यु हो गई दुर्घटना थाना बृजमन गंज के अंतर्गत गांव कानापार में हई ग्रामीणों ने बताया कि तीनों व्यक्ति नाव से ताल में मछली पकड़ने गए थे लेकिन सुबह तक वापस नहीं लौटे जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गयी आज एनडीआरएफ और पीएसी के संयुक्त दल ने मृतकों में से दो के शव बरामद कर लिए जबकि एक अन्य की तलाश जारी है